आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना कल से देश भर में होगी आरम्भ

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सम्मेलन का शुभारम्भ किया वह राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ की अध्यक्ष भी हैं सम्मेलन के पहले दिन ई विधान प्रणाली सहित देश में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाने मादक पदार्थों के बढ़ते सेवन दुष्प्रभाव व समाधान पर चर्चा हुई लोकसभा अध्यक्ष ने एक राष्ट्र एक चुनाव पहल का समर्थन करते हुए कहा कि इससे समय और धन की बचत होगी और देश के विकास में गति आएगी उन्होंने युवाओँ में नशे की बढ़ती प्रवृति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है सुमित्रा महाजन ने हिमाचल की ईं विधान प्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रणाली को संसद की कार्यवाही में भी अमल में लाया जा रहा है और अब अधिकतर कार्य कागजरहित प्रणाली के माध्यम से किए जा रहे हैं सुमित्रा महाजन ने कहा कि राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ को चार क्षेत्रों में बांटा गया है और संघ की ये दूसरी बैठक है जिसमें पहली बार विधायक भी हिस्सा ले रहे हैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए जाने पर सहमति जताते हुए कहा कि इससे देश के समय और धन की बचत होगी मुख्यमंत्री ने नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर कहा कि साक्षरता व स्वच्छता अभियान की तर्ज पर नशे के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान की जरूरत है ताकि इस सामाजिक बुराई पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके उन्होंने कहा कि आगामी अक्तूबर माह से प्रदेश के शिक्षण संस्थानों और सीमावर्ती क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर विद्यार्थियों का नियमित तौर पर मैडिकल चैकअप भी करवाया जाएगा उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से धर्मशाला के तपोवन में राष्ट्रीय ई विधान अकादमी खोलने का भी आग्रह किया विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने लोकसभा व विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए जाने को असंवैधानिक और अव्यावहारिक बताया उन्होंने कहा कि मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों में वन नेशन वन इलैक्शन सम्भव नहीं हैं नशे के बढ़ते प्रचलन पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस सामाजिक बुराई के खिलाफ विपक्ष सरकार को हर सम्भव सहयोग करेगा सम्मेलन में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कंवर पाल सिंह गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष राजेन्द्र त्रिवेदी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष निर्मल के सिंह सहित अन्य उपस्थित सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए

ये सभी महासू देवता के दर्शन के लिए उत्तराखंड की ओर जा रहे थे पुलिस अधीक्षक ओमापत्ती जमवाल ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए हैं और मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है हादसे का कारण चालक की लापरवाही माना जा रहा है राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है उन्होंने शोक संत्पत परिजनों को इस दुख की घड़ी से उभरने व दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविंद्र सिंह ने भी शोक संत्पत परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई हैं नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने विधायक नरेंद्र बरागटा को सरकारी मुख्य सचेतक के पद पर मान्यता दी है विधानसभा ने इस संबंध में आज अधिसूचना जारी कर दी है

मेला उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि मेले और त्यौहार हमारी समृद्ध संस्कृति के परिचायक हैं उन्होंने कहा कि इनके आयोजन से लोगों को आपस में मिलने जुलने का अवसर मिलता है आज सराहां में राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेले के समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि औद्योगिक गतिविधियों को बड़े पैमाने पर विकसित करने के लिए अनेक कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं ताकि बेरोजगार युवाओं को घरद्वार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके बिक्रम ठाकुर ने कहा कि आईटीआई सराहां में शीघ्र ही तीन नए ट्रेड आरम्भ कर दिए जाएंगे

उपायुक्त ने सभी विभागों को उनके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी पूर्व जनमंच गतिविधियों के तहत इन पंचायतों में पहुंचाने के निर्देश दिए ऊना ज़िले का जनमंच कार्यक्रम कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मंदली में आयोजित किया जाएगा

इधर शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने जानकारी दी है कि शिमला जिले का जनमंच कार्यक्रम मशोबरा विकास खंड के तलाई में आयोजित किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर करेंगे आयुष्मान आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना देश में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झारखंड की राजधानी रांची से इस योजना का शुभारम्भ करेंगे इस योजना के तहत दस करोड़ से ज्यादा गरीबों को सालाना पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा इस बीच राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर व स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार इस योजना का शिमला से शुभारम्भ करेंगे सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह और सांसद रामस्वरूप शर्मा मण्डी से खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर और सांसद शांता कुमार धर्मशाला से शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और सांसद वीरेन्द्र कश्यप सोलन से और ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा बिलासपुर से इस योजना का शुभारम्भ करेंगे शहरी विकास मंत्री सरवीन चौधरी चम्बा से ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल हमीरपुर से उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह और सांसद अनुराग ठाकुर ऊना से परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर कुल्लू से सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल सिरमौर से और किन्नौर व लाहौल स्पीति जिलों में आयुष्मान भारत योजना का शुभारम्भ सम्बन्धित उपायुक्त करेंगे धुमल ग्रामीण विकास बैंक की राज्य की अर्थव्यस्था को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका रही है ये बात पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आज हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ और बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाईजेशन के प्रांतीय अधिवेशन के शुभारम्भ के बाद प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कही उन्होंने भारतीय मजदूर संघ के साथ अपने अनुभवों को साझा किया मौसम प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात जबकि अन्य भागों में बीती रात से वर्षा का क्रम लगातार जारी है इससे तापमान में एक से दो डिग्री सैल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है किन्नौर ज़िले की ऊंची चोटियों पर हिमपात के चलते समूचा जनजातीय क्षेत्र कड़ाके की ठण्ड की चपेट में आ गया रिकांगपिओ से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि भारी वर्षा व हिमपात के चलते ज़िले के सीमावर्ती छितकुल गांव में फाफरा ओगला और आलू की फसल को भारी नुकसान हुआ है जनजातीय जिला लाहौल स्पिति की ऊंची चोटियों पर भी हल्के हिमपात का समाचार है रोहतांग दर्रे सहित मनाली की ऊंची पहाड़ियों पर ताजा हिमपात हुआ है जबकि अन्य भागों में वर्षा हो रही है रोहतांग घूमने आऐ सैलानियों ने इस बर्फबारी का खूब आंनद लिया खराब मौसम को देखते हुए कुल्लू के उपायुक्त युनूस ने लोगों से एहतियात बरतते हुए नदी नालों के करीब न जाने का आग्रह किया है उन्होंने ज़िले के ऊपरी क्षेत्रों के लोगों व ट्रैकरों से भी इस दौरान ऊंचे पहाड़ों की ओर न जाने की अपील की है राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में कल रात से जोरदार बारिश हो रही है जिससे कई स्थानों पर भूस्खलन से यातायात भी प्रभावित हुआ है चंबा मंडी बिलासपुर सोलन हमीरपुर ऊना और कांगड़ा में भी रूक रूक कर वर्षा का क्रम जारी है

बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर वाईएस परमार बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय सोलन के उपकुलपति डॉक्टर एचएस शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों ने जिले के किसानों व बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने में मदद की है और पारम्परिक खेती के साथ साथ वैज्ञानिक तरीकों से खेती में किसानों की मदद की है इस दौरान उन्होंने किसानों व बागवानों के साथ अनुभव भी सांझा किए